राज्यपाल राम नाईक ने आज लखनऊ में राजभवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

श्रद्धांजलि सभा में दो मिनट का मौन भी रखा गया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि श्री वाजपेई अपने अदभुत व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण न केवल देश में बल्कि विश्व की द्रष्टि से भी इक्कीसवीं सदी की राजनीति के महानायक थे उनके व्यक्तित्व में हिमालय की ऊँचाई तथा विचारों एवं ज्ञान में समुद्र सी गहराई थी वे अपनी उदारता एवं सबको साथ लेकर चलने की राजनीति के लिए जाने जाते थे उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई से उनका उन्नीस सौ बासठ से व्यक्तिगत एवं राजनैतिक संबंध रहा है राज्यपाल ने अपने संस्मरण साझा करते हुए कहा कि अटल जी में कठिन परिस्थितियों में भी निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों द्वारा अपने प्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है आज भी प्रदेश के कई स्थानों पर शोक सभाओं के आयोजन किये गये

हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अनेक कार्यों की घोषणा की है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवंगत नेता की अस्थियों को राज्य की सभी प्रमूख नदियों में विसर्जित करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं श्री वाजपेयी का लम्बी बीमारी के बाद बोती सोलह अगस्त को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन आज मॉरिशस की राजधानी पोर्टलुई में शुरू हो गया है सम्मेलन के प्रारंभ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखा गया सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण क्मार जगन्नाथ ने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से भारत ने एक महान सपूत और मॉरीशस ने सच्चा मित्र खो दिया है अपने भाषण में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से दुनियाभर से आए हिन्दी के प्रतिनिधि श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं

इसमें भारत और मॉरिसश के अलावा अन्य देशों से आए हुए प्रतिनिधियों को भी श्रद्वांजलि देने का अवसर दे रहे हैं मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ और भारत की विदेश मंत्री सषमा स्वराज ने इस अवसर पर एक स्मारिका का विमोचन किया और ग्यारहवें विश्व हिन्दी सम्मेलन पर दो डाक टिकट भी जारी किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण वर्षा और बाढ़ से प्रभावित केरल की जनता को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से पन्द्रह करोड़ रूपये की धनराशि केरल के मुख्यमंत्री सहायता कोष में भेजने के निर्देश दिये हैं उन्होंने स्वयंसेवी संस्थाओं एवं समाज सेवियों से भी केरल के बाढ़ प्रभावितों के लिए सहयोग देने की अपील की है श्री योगी ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार केरल वासियों के साथ है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के बाढ़ग्रस्त इलाकों का आज हवाई सर्वेक्षण किया श्री मोदी ने वर्षा और बाढ़ से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा द्ःख व्यक्त करते हुए केरल के लिए पांच सौ करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है प्रधानमंत्री ने बीमा कम्पनियों को भी नुकसान का जायजा लेने के लिए विशेष शिविर लगाने और प्रभावित परिवारों तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को समय पर क्षतिपूर्ति राशि जारी करने का निर्देश दिया है उधर केरल में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है

हालांकि कुछ स्थानों पर नदियों में पानी घटने लगा है लेकिन अभी भी कई जिलों में तटवर्ती स्थानों पर बसे लाखों लोग बाढ़ से घिरे हये हैं बस्ती जिले में सरयू नदी में बाढ़ के कारण हरैया तहसील के पचास से अधिक गांव प्रभावित हैं वहां नदी खतरे के निशान से पचपन सेंटीमीटर ऊपर बह रही है फिलहाल नदी स्थिर है लेकिन कटान और बाढ़ से फसलों को काफी नुकसान पहुंच रहा है गोण्डा जिले की घाघरा नदी खतरे के निशान से साठ सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जिले के करनैलगंज और तरबगंज तहसील के तीन सौ पचास से अधिक गांव की एक लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है वहां दोनों तहसीलों में बाढ़ राहत चौकियां सक्रिय कर दी गयी हैं कन्नौज जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है जिसस दो दर्जन गांव के लोग उसकी चपेट में आ गये हैं उधर प्रदेश के कई जिलों में तेज धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है तो कुछ जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की भी खबर है सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है जिससे वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है डिजिटल इंडिया मिशन से प्रेरित होकर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्वालुओं के लिए डिजिटल बुकिंग प्रणाली शुरू की गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पन्द्रह अगस्त से शुरू की गई इस प्रणाली के तहत कोई भी श्रद्धालु अब भगवान शिव की पूजा अर्चना संबंधी किसी भी अनुष्ठान के लिए अग्रिम बुकिंग करा सकता है मंदिर प्रशासन अपनी वेबसाइट के जरिए दर्शन पूजन रूद्राभिषेक आरती जैसे विभिन्न कार्यक्रमों सहित सभी सुविधाएं भरत्तों के लिए मुहैया कराएगा जो निश्चित धनराशि देकर पहले से बुक कराई जा सकेंगी

काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशाल सिंह ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया मंदिर के अन्दर के सभी दर्शन और प्जन विधियां आरती रूद्राभिषेक और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा सिंगल विंडो सिस्टम में जो श्रद्धालु हैं वो ऐप के माध्यम से टेलीफोन कॉल के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से हमारे पोर्टल के माध्यम से और फिजिकली वॉकिंग करके जो हमारे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं और हमारी जिम्मेदारी होगी कि उधर उन्होंने सेल्फ चयन किया कि पांच पुजारियों से उनका रूद्राभिषेक कराया जाए तो पांच पुजारी कौन से होंगे उनका सारा कुछ पैटर्न का अरेंजमेंट हम करेंगे वाराणसी पुलिस ने भी मंदिर में भीड़ और धक्का मुक्की से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए सामान्य लाइन से अलग दर्शन की ई लाइन व्यवस्था शुरू की है

वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आनन्द कुलकर्णी ने आकाशवाणी को बताया एक अलग से लाइन होनी चाहिए हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और दूसरा लोगों को यह है कि डेनसिटी भी पता चलेगी कि लोग कितने लोग इस समय पर आते हैं रजिस्टर्ड हैं

मंदिर प्रशासन और पुलिस की इस पहल से देश विदेश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु न केवल भीड़ की धक्कामुक्की से बचेंगे बल्कि अपनी सहूलियत के हिसाब से विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हुए विभिन्न आयोजनों में हिस्सा भी ले सकेंगे

नेपाल से भारत भ्रमण के लिए निकले श्रद्वालुओं की एक बस वाराणसी में कल देर रात जिला जेल के सामने डिवाइडर से टकरा कर पलट गई

घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है घायलों का हाल चाल जानने अस्पताल पहुंचे जिलाधिकारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि घायलों के इलाज और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है

नेपाल से भारत आ रहे श्रद्वालुओं का आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर इलाहाबाद और आगरा जाने का कार्यक्रम था

वह शाहजहांपुर का रहने वाला था समाप्त